विधानसभा हंगामा मध्यप्रदेश विधानसभा में आज का दिन भी हंगामेदार रहा शोरशराबे के चलते प्रश्नकाल नहीं हो सका लोक निर्माण विभाग मंत्री रामपाल सिंह की कथित पुत्रवधू प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में राज्य विधानसभा में लगातार हंगामे के कारण आज सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई

अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने लगातार हंगामे के दौरान ही कार्यसूची में शामिल सभी औपचारिक कार्य पूरे कराए हालांकि हंगामे के चलते आज की कार्यसूची में शामिल राजधानी भोपाल और प्रदेश के अन्य हिस्सों में महिला अपराधों के विषय पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकी दो विभागों की अनुदान मांगें बिना चर्चा के पारित होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया कि जब विपक्ष की बात सुनी ही नहीं जा रही तो सदन में विपक्ष के रहने का कोई औचित्य नहीं है इसके बाद अन्य विभागों की अनुदान मांगें विपक्ष की गैरमौजूदगी में पारित की गयीं

पुलिस कर्मी निलंबित राज्य विधानसभा परिसर में सुरक्षा में तैनात एक दर्जन से अधिक पुलिस कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में आज निलंबित करने के आदेश दिए गए भोपाल पुलिस के उप महानिरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि निलंबित कर्मचारियों में एक थाना प्रभारी भी शामिल है जो अलीराजपुर जिले से विशेष डयूटी के लिए यहां आये थे

ये सभी पुलिस कर्मचारी भोपाल के साथ ही राज्य के विभिन्न स्थानों से यहां पहुंचे थे

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप तथा माई जीओवी के ओपन फोरम में भेज सकते हैं निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने जिलों के निर्वाचन पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों को चेताया है कि त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने के लिये हर संभव प्रयास करें इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री परशुराम आज भोपाल में निर्वाचन पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिये आयोजित मतदाता सूची और अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे

गोली चलने से कोई घायल नहीं हुआ है यह पता नहीं चल सका है कि गोली किसने और क्यों चलाई

पुलिस ने घटना स्थल से गोली का खाली खोखा बरामद किया है गोली परिसर में एक टाइपिंग मशीन में लगी टाइपिंग मशीन के पास खड़ी एक महिला और टाइपिस्ट को पुलिस ने पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया है

इस फेमवर्क में दिये गये सुझावों से राज्यों को एक रोड मेप उपलब्ध होगा जिससे उन्हें अपनी अपनी नीतियां तैयार करने और रेत की अवैध खनन की रोकथाम करने में मदद मिलेगी केन्द्रीय खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में खदानों और खनिजों पर आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि जब से सरकार ने नीतिगत सुधारों के लिये पहल की है तब से ही खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है उन्होंन कहा रेत खनन फेमवर्क को तैयार करते वक्त विभिन्न राज्यों में रेत खनन पर कराये गये अध्ययन को ध्यान में रखा गया है

इन सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करवाया गया है

न्यायालय ने कहा कि कानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय शामिल किये गए हैं शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है सीबीआई जांच केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सी बी आई ने कर्मचारी चयन आयोग एस एस सी का पेपर लीक होने की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है न्यायालय ने केन्द्र का जवाब सुनने के बाद इस मामले में सी बी आई जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया

इसमें प्रतिभागी परिचय कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य पर साहित्य अकादमी के निदेशक प्रकाश डालेंगे

राजधानी भोपाल में बादल छाने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की ब्रंदाबांदी हुई हमारे शिवपूरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है मौसम विभाग ने इन्दौर और भोपाल के अलावा उज्जैन ग्वालियर चंबल और होशंगाबाद संभागों में मामूली बारिश का अनुमान जताया गया है

बैतूल में भी इसके अंतर्गत कल विशेष ग्रामसभायें आयोजित की जा रही है

जिला कलेक्टर ने कहा है कि कोई भी पात्र छूटने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी